इसरो अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि आंकड़ों का विश्लेषण जारी है

उन्होंने कहा कि इस मिशन से हमें बहुत सी उम्मीदें थी और भले ही इसमें बहुत सी रूकावटें आई हों लेकिन हमारा हौंसला कमज़ोर नहीं पड़ा है बल्कि और मज़बूत हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अभी अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं और चंद्रमा को छुने की हमारी इच्छाशक्ति और प्रवल हुई है

उन्होंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयासों पर पूरे देश को गर्व है स्क्रब टायफस स्वास्थ्य विभाग ने जिला कांगड़ा में स्क्रब टायफस के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया

उन्होंने बताया कि स्क्रब टायफस से जिला में अभी तक कोई भी मौत का मामला सामने नहीं आया है और जिला के सभी अस्पतालों सी एच सी पी एच सी और स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर स्क्रब टायफस की दवाईयों का कोटा उपलब्ध करवा दिया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लोगों को इस बिमारी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है

अधिक जानकारी राजस्व विभाग की वैबसाईट से ली जा सकती है

दौरा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने कल उना जिला के थानाकलां में गोकल ग्राम और बरनोह में बनने वाले मूर्राह प्रजनन फॉर्म का दौरा किया वैज्ञानिकों ने बताया कि गोकल ग्रम के लिए पांच सौ कनाल भूमि चिन्हित की गई है और इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा

ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने कल धर्मशाला में दी उन्होंने योजना के सफल संचालन के लिए सभी से अपना पूर्णयोगदान देने का आहवान किया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

अनाधिकृत भवन मालिकों से अब खुद मिलेंगे मंत्री शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है कैबिनेट सब कमेटी ने लिया सभी जिलों में दौरा करने का फैसला शिमला मंडी और सिरमौर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार खबर को आपका फैसला ने सुर्खी दी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सफल कियान्वयन के लिए स्मृति ईरानी ने नवाजा प्रदेश दैनिक जागरण की एक खबर है अब भुगतना ही पड़ेगा वाहन का चालान अढाई करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व डीजीपी की बह समेत दो पर केस शीर्षक से अमर उजाला लिखता है आबकारी विभाग की शिकायत पर ऊना में एफआईआर दर्ज दैनिक भास्कर की सुर्खी है हरप्रिया व रोहित पर एफआईआर शराब लाइसेंस रद्द चारों ठेके सील

अब पांचवी और आठवीं में भी फेल होंगे छात्र शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना इसी सत्र से लागू होगा हिमाचल सरकार का फैसला खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नमस्कार